नीति आयोग ने बक्सर के चौसा में बन रहे बिजलीघर को दी मंजूरी

इसके साथ ही श्री गडकरी मिसरौली से परसौनी तक चौबीस किलोमीटर की दो लेन सड़क चौड़ीकरण का लोकार्पण करेंगे नीति आयोग ने बक्सर जिले के चौसा में बन रहे बिजलीघर को मंजूरी प्रदान कर दी है पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड और वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद इसे जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा परियोजना के औचित्य पर सवाल उठाये जाने के बाद केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के बीच बातचीत हुयी इस बातचीत में बिजलीघर को लेकर आ रही परेशानी दूर की गयी इसके बाद नीति आयोग ने बिजलीघर परियोजना को मंजूरी प्रदान की इस परियोजना से एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ड्राइविंग लाईसेंस को आधार कार्ड से लिंक किया जायेगा उन्होंने दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इसके लिये केंद्र सरकार नया कानून बनायेगी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के लिये प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को अधिकृत किया है नई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री झा और विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने बैठक की और बिहार के मुद्दों पर चर्चा की इसी दौरान श्री गांधी ने श्री झा को टिकट बंटवारे के लिये अधिकृत किया अगर सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी आती है तब इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष हस्तक्षेप करेंगे लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगेगी पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने लोकसभा चुनाव को लेकर हुयी बैठक में यह निर्देश दिया उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करने पर अपनी सहमति देंगे उन्हें ही फरवरी महीने में वेतन का भुगतान होगा जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिये जिले में उन्नीस कोषांगों का गठन किया गया है पटना के गांधी मैदान में आयोजित कृषि मेले में छिहत्तर उपकरण अनुदानित कीमत पर मिल रहे हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि मेले के आयोजन से आधुनिक तकनीक से खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि कई उपकरणों पर पचास प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है बसंत पंचमी के मौके पर आज राजधानी पटना सहित प्रदेशभर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ की जा रही है छात्रों ने पूजा अर्चना के लिए विशेष तैयारी की है पूजा पंडालों में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर आकर्षक ढंग से सजाया गया है सरस्वती पूजा के मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनायें दी हैं राज्यपाल श्री टंडन ने अपने संदेश में कहा है कि मां सरस्वती की पूजा अर्चना से समाज में विद्या बुद्धि ज्ञान कला प्रेम सद्भावना और समरसता का विकास होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि बिहार में ज्ञान का प्रकाश तेजी से फैल रहा है उन्होंने उम्मीद जतायी कि राज्य में ज्ञान के स्वर्णिम प्रकाश का अधिक से अधिक विस्तार होगा जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किये हैं चक्रवाती हवा का प्रभाव कम होने के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम में सुधार हुआ है पिछले चौबीस घंटे के दौरान अधिकांश स्थानों पर बादल छाये रहने के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी पटना में न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री उपर रिकॉर्ड किया गया मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है और तेज पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जायेगी इधर कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं मध्याह्न भोजन निदेशालय ने मिड डे मील के लाभुकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशि और अनाज देने का निर्णय लिया है महीने में पांच दिन मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर लाभुक बच्चों के खाते में राशि भेजी जायेगी मध्याह्न भोजन योजना के उप निदेशक जिवेंद्र झा ने बताया कि पंद्रह मार्च से बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर की जायेगी जबकि अनाज स्कूलों में हाथों हाथ दिये जायेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के चौथे दिन कल कदाचार के आरोप में तेरह जिलों में अट्ठाईस परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया बोर्ड सूत्रों ने बताया कि बक्सर से दो गया से चार औरंगाबाद से दो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से एक एक वैशाली और दरभंगा से दो दो सहरसा से चार समस्तीपुर से पांच मधेपुरा सुपौल और सीवान से एक एक तथा शेखपुरा से दो परीक्षार्थी निष्कासित किये गये प्रदेश के तेरह जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये नये भवन बनाये जायेंगे सरकार ने इसके लिये सवा तीन करोड़ रूपये आवंटित किये हैं नये भवन बनाये जाने वाले जिलों में अरवल भागलपुर गोपालगंज जमुई जहानाबाद किशनगंज लखीसराय मुंगेर नवादा रोहतास सहरसा सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं सबसे अधिक राशि पचास लाख इकतालीस हजार रूपये रोहतास जिले को मिलेंगी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने चालक सिपाही और अग्नि चालक की बहाली का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है कुल एक हजार पांच सौ सत्तर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जिनमें ग्यारह महिलायें भी हैं चयनित अभ्यर्थियों की सूची केंद्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं आज तड़के विभिन्न अखाड़ों के संतों और महात्माओं ने शाही स्नान की शुरूआत की कुंभ के लिये रेलवे विभिन्न विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है पूर्व मध्य रेलवे दानापुर की टीम बक्सर में खेली जा रही उनहत्तरवीं बिहार राज्य माईनूल हक कप फ्टबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गयी है सेमीफाइनल मुकाबले में ईसीआर दानापुर ने सीवान को तीन दो से हरा दिया आज पटना और पूर्वी चंपारण के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जायेगा बिहार की बालक और बालिका टीमें तेलंगाना के सिकंदराबाद में खेली जा रही सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आंख में धूल झोंककर राजनीति न करे विपक्ष दैनिक जागरण की सुर्खी है लोक शिकायत निवारण कानून के दायरे में ग्रामीण सड़कें इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है पीएम मोदी ने की नागरिकता कानून की पुरजोर वकालत दैनिक भास्कर की सुर्खी है ईडी ने तीसरे दिन रॉबर्ड वाड्रा से आठ घंटे तक पूछताछ की कल फिर बुलाया

नीति आयोग ने बक्सर के चौसा में बन रहे बिजलीघर को दी मंजूरी